इधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रदेश में रेपिड टेस्ट नीति को मंजूरी दे दी है इस किट से कम समय में ज्यादा जांच की जा सकेगी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ अशोक कुमार ने बताया कि अब परकोटा क्षेत्र में ढाई सौ टीमें घर घर स्क्रीनिंग कर रही है

ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को याद दिलाया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्र के सामूहिक संकल्प के लिए आज रात नौ बजे उन्हें दीये जलाने हैं श्री मोदी ने शुक्रवार को लोगों से ऐसी ही अपील की थी इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना है

निगम के प्रबंध निदेशक वी एस भाटी ने बताया कि निगम की ओर से सार्वजनिक लाइट को भी चालू रखने की सलाह दी गई है

उन्होंने आज एक ट्वीट कर प्रदेश के लोगों से एक बार फिर लॉक डाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि अपने आपको इस बीमारी से बचाने के लिए घर सबसे सुरक्षित जगह है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव और लॉक डाउन के बीच आम लोगों की परेशानियों को दूर करने में प्रशासन और जन प्रतिनिधि मुस्तैदी से जुटे हैं आज राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरतमंदों को प्राथमिकता से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया ने टोंक शहर में जरूरतमंद परिवारों को सूखी राशन सामग्री का वितरण किया इस बीच प्रतापगढ में छोटे बच्चे भी लॉक डाउन के दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का संदेश दे रहे हैं वहीं पाली में शहर के चौराहों पर घर में ही बने रहने के संदेश लिखे जा रहे हैं उधर सवाईमाधोपुर में कोरोना वायरस संकमण फैलने से रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं इसी कम में यहां की जेल से बंदियों को अन्य जेलों में भेजा गया है और अच्छे आचरण वाले कैदियों को पैरोल पर रिहा करने की तैयारी की जा रही है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कोरोना वैश्विक महामारी के संबंध में चर्चा की राज्यपाल ने कुलपतियों को आनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए राज्यपाल ने कहा कि छात्र छात्राओं की पढाई में किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए इस बीच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने नये छात्रों की इंडक्शन मीटिंग सोशल मीडिया के जरिये रखी है इसके अलावा इग्नू छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से छात्र सहायता सेवाएं प्रदान करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी सहित कई नेताओं से कोरोना वायरस महमारी की स्थिति पर चर्चा की प्रधानमंत्री बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से भी वडियो कांफ़ेस के माध्यम से बातचीत करेंगे देश की जानी मानी हस्तियां देशव्यापी लॉकडाउन का समर्थन कर रही हैं इन लोगों ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए लोगों से घर के अंदर ही रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है राज्य के मिनिएचर आर्टिस्ट पद्मश्री एस शाकिर अली ने लोगों से कहा है कि वे घर में रहकर सबसे ज्यादा महफूज रह सकते हैं सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना वायरस से बचाव के लिए मॉस्क का इस्तेमाल करें ये मॉस्क घर पर भी बनाये जा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श जारी कर लोगों से कहा है कि वे विशेषकर घर से बाहर जाते समय मॉस्क का इस्तेमाल अवश्य करें

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

अजमेर जिले के तबीजी में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र ने कोरोना संक्रमण के कारण किसानों को विशेष परामर्श जारी किया है केन्द्र के निर्देशक डॉ गोपाल लाल ने किसानों को धनिया और मेथी की फसल जल्दी काटने की सलाह दी है उन्होंने सौंफ और अजवाइन की पौध में पानी देने का काम शुरू करने की सलाह दी है

प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है